इस अवसर पर देश विदेश के अनेक भागों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

राष्ट्रीय राजधानी में राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर सर्वधर्म सभा आयोजित की गई है महात्मा गांधी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है

भजन संध्या की प्रस्तुति आश्रम भजनावली मैहर बैण्ड और भजनांजलि सुहासिनी जोशी एवं दल भोपाल द्वारा दी जाएगी

वहीं महात्मा गाँधी एवं लालबहाद्र शास्त्री पर केन्द्रित चित्र प्रदर्शनी भी देखी जा सकती है गांधी प्रोग्राम आकाशवाणी भोपाल द्वारा आज विशेष कार्यकम महात्मा गांधी की कहानी आकाशवाणी की जुबानी प्रस्तुत किया जाएगा

मुख्यमंत्री कल मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है

वहीं मृत्यु दर में भी गिरावट आ रही है प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है सुलेमान कोरोना स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा तरीका मास्क लगाना और सैनिटाइजर का उपयोग करना ही है सरकार उपचार कर सकती है लेकिन लोगों को बीमारी से नहीं बचा सकती इससे बचने के लिए नागरिकों को स्वयं सावधानी रखनी होगी

इस अवसर पर स्वच्छता के छह साल बेमिसाल शीर्षक से वेबिनार आयोजित किया जा रहा है

वेबिनार के दौरान स्वच्छ भारत अभियान के पिछले छह वर्षों की उपलब्धियों की चर्चा की जाएगी और राज्यों शहरों तथा साझीदार संगठनों के साथ अनुभव साझा किए जाएंगे आवासन और शहरी कार्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी वेबिनार की अध्यक्षता करेंगे

मोदी अटल सुरंग प्रधानमंत्री नरेन्द्र कल रोहतांग में ऊंची पहाड़ियों पर बनी विश्व की सबसे लंबी अटल सुरंग राष्ट्र को समर्पित करेंगे

यह सुरंग लाहौल स्पीति के जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए लाभकारी साबित होगी सांवेर विधानसभा इन्दौर जिले की सांवेर विधानसभा के उप चुनाव में स्टार प्रचारकों के लिए तीन हेलीपेड बनाए जाएंगे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर के पुलिस प्रषिक्षण केंद्र में स्थायी हेलीपेड बनेगा वहीं सांवेर और क्षिप्रा में अस्थाई हेलीपेड बनाए जाएंगे इनका उपयोग करने के लिए राजनीति दलों को प्रषासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी

रेल भाड़ा भारतीय रेल ने पिछले महीने पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में अधिक आमदनी की खबर दी है कोविड से संबंधित चुनौतियों के बावजूद रेलवे को पिछले महीने अधिक आमदनी हुई इस अवधि में रेल विभाग को मालभाड़े से नौ हजार आठ सौ छियानवे करोड़ रूपये की आमदनी हुई ये आमदनी पिछले वर्ष की उसी अवधि की आमदनी से करीब तेरह दशमलव पांच प्रतिशत अधिक हैं पुलिस प्रतिनियुक्ति विघानसभा उपचुनाव के लिये पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपने की अधिसूचना जारी की है अधिसूचना के अनुसार चम्बल ग्वालियर शहडोल भोपाल इंदौर उज्जैन सागर होशंगाबाद संभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जोनल पुलिस महानिरीक्षक पुलिस उप महानिरीक्षक की सेवाएं भी भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई है स्टार्ट सम्मेलन इंदौर के भारतीय प्रबंधन संस्थान और भारतीय प्रौदयोगिकी संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आज से नया उद्योग षुरू करने वाले युवाओं के लिए स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है

टेराकोटा और सेरेमिक के आकर्षक और कलात्मक वस्तुएँ यहाँ कला प्रेमियों के लिए वर्ष भर उपलब्ध रहेंगी

नीमच जिले के सभी गॉवों में जल एवं स्चछता समिति का गठन करने के लिए आज सभी ग्राम सभाओं में प्रस्ताव रखे जायेंगे

जिसमें जिला कलेक्टर ने जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में अन्य अधिकारियों से चर्चा की